कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस की सरकार आने पर कोटा में जल्दी ही बनेगा हवाई अड्डा

इसी कडी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज जालौर के रामसीन में चुनावी सभा करेंगे इसके बाद वे शाम को जोधपुर शहर में रोड शो करेंगे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना आज एक दिन के दौरे पर सीकर जायेंगे श्री खन्ना इस दौरान पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे इसके बाद प्रबुद्ध नागरिकों के सम्मेलन में भाग लेंगे

यह जनसभा शहर के मानसरोवर स्थित वीटी रोड पर आयोजित होगी

वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी आज विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं करेंगे प्रदेश में दोनों ही प्रमुख पार्टियों के स्टार प्रचारकों के दौरे तेज हो गए हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने कल अजमेर जालौर और कोटा में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन मे प्रचार किया कोटा में राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी रामनारायण मीणा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अगर उनकी सरकार आई तो कोटा में जल्दी ही हवाई अड्डा बनाया जायेगा उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर युवा उद्यमियों को कारखाना लगाने के लिये सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं पडेगी

सभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संबोधित किया श्री गांधी ने अजमेर के बांदनबाडा में भी एक जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो राष्ट्रीय बजट के साथ किसानों का अलग बजट बनेगा उन्हें पहले ही पता चल जायेगा कि समर्थन मूल्य क्या होगा और कितना कर्ज माफ होगा

भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी कल बांसवाड़ा जिले के घाटोल में चुनावी सभा की लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिये नाम वापसी का आज अंतिम दिन है

उदयप्र में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंचायत समिति बडगाँव से सेलीब्रेशन मॉल के लिये ॅप्रदर्शनी और वाहन रैली को उपखण्ड अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया सेलीब्रेशन मॉल पर यह रैली नगर निगम औरं गिर्वा से आई मतदाता जागरूकता रैली में शामिल हुई जिसे जिला स्वीप प्रभारी और नगर निगम आयुक्त ने पूरे शहर में भ्रमण के लिये रवाना किया जिले में निर्वाचन विभाग द्वारा चलाये जा रहे सतरंगी सप्ताह के तहत मावली में महिलाओं की भी रैली निकाली गई

जयपुर में दो संसदीय क्षेत्र जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर दोनो पर ही मुकाबला रौचक बना हुआ है

विश्व मलेरिया दिवस पर बीकानेर में कल जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी संगोष्ठी आयोजित की गई संगोष्ठी में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि बीकानेर में मलेरिया के मामलों में बहुत कमी आई है और इसके लिये जुमीनी स्वास्थ्यकर्ता ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था संगोष्ठी में मच्छरों के लार्वा और गंबुशिया मछलियों का प्रदर्शन भी किया गया प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढाने और विद्यार्थियों का ठहराव सुनिश्चित करने के लिये प्रवेशोत्सव का पहल चरण आज से शुरू हो गया है इसमें रैलियों अभिभावकों के साथ बैठकों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा से जोडा जायेगा

दूसरा चरण गर्मी की छुट्टियों के बाद शुरू होगा जोधपुर की बनाड़ रोड पर कल देर रात हुए सड़क हादसे में जीप में सवार दो युवकों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए एक घायल की हालत गम्भीर है जीप बनाड़ से जोधपुर की तरफ जा रही थी चूरू जिले के सरदार शहर हाईवे पर ट्रक की टक्कर से कार में सवार दो लोगों की मृत्यु हो गई